नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए दिए जाएंगे जिससे कि भंडार गृह कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत संरचनाएं स्थापित की जा सकेंगी देशभर में दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयां स्थापित करने के लिए दस हजार करोड़ रूपए की योजना शुरू की जाएगी जो क्लस्टर आधारित होगी इस क्लस्टर योजना के तहत स्वास्थ्य और पोषण आधारित खाद्य पदार्थ इकाइयां स्थापित की जाएंगी जैसे बिहार में मखाना और जम्मू कश्मीर में केसर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत बीस हजार करोड़ रूपए दिए जाएंगे

जड़ी बूटी तथा औषधीय पौधों की खेती पर चार हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे

मध्मक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रूपए व्यय होंगे जिससे दो लाख मध्मक्खी पालकों को लाभ मिलेगा

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इन उपायों के अलावा प्रशासनिक और कानूनी सुधार भी किए जाएंगे किसानों को बेहतर दाम मिलें और प्रतिस्पर्द्धा को बढाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा दलहन तिलहन खाद्य तेल मोटा अनाज आलू प्याज जैसी वस्तुओं को विनियमित किया जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार को सुगम बनाने और किसानों को बाजारों के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन सुधार किए जाएंगे इसके लिए कानून लाया जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि बुवाई से पहले ही फसल का उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा श्रीमती सीतारमण ने लॉकडाउन के दो महीने के दौरान किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी

इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त तरलता प्रदान की गई

धौलपुर के कृषि यंत्र विकेता नीरज कुमार गोयल ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए किए गए उपायों से इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी

प्रवासी मजदूरों के आवागमन के कारण भी प्रदेश में संकमितों की संख्या में बढोतरी हो रही है

चार लोग केंद्रीय जेल जयपुर तथा एक कैदी उदयपुर जेल में संक्रमित पाया गया जेल के उप महानिरीक्षक विकास कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि नये कैदियों को अब दौसा जिला जेल में भेजा जायेगा

आज बैंगलुरू से डेढ हजार प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन उदयपुर पहुंची ट्रेन के पहुंचते ही जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रवासियों की विधिवत रूप से स्कीनिंग करवाई गई

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रवासियों को घरों में पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है मुम्बई के वसई रोड से भी आज एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन सीकर पहुंची

इसके बाद सभी व्यक्तियों को बसों द्वारा गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया नगर परिषद ने सभी प्रवासियों को भोजन के पैकेट दिए सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी इस दौरान रेलवे स्टेशन पहंचकर प्रवासियों के बारे में जानकारी ली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि अब हाईवे से गुजर रहे मजदूरों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें बिल्कुल भी पैदल चलने नहीं दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र से सभी सीबीएसई स्कूलों में पहली कक्षा से दसवीं तक के छात्रों के लिए कला आधारित प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि देश के एकीकरण को बढावा देने के लिए कम से कम एक प्रोजेक्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आधारित होगा उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में व्यावहारिक और जीवन उपयोगी कौशल के विकास के लिए सीबीएसई क्षमता आधारित शिक्षा को अमल में लाएगी सीबीएसई ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर परिपत्र जारी किया है